बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती आज

वे नोवल कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के सम्बंध में फैसले की घोषणा कर सकते हैं नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इक्कीस दिन का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन आज समाप्त हो रहा है आशा की जा रही है कि प्रधानमंत्री इसकी अवधि आगे बढ़ाने के बारे में बात करेंगे कोविड नाइन्टीन को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने चौबीस मार्च को राष्ट्र को सम्बोधित किया था और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी वीडियो संदेश में प्रघानमंत्री ने कोरोना वायरस को पराजित करने के लिए देश की सामूहिक प्रतिबद्वता दिखाने के लिए लोगों से पांच अप्रैल को रात नौ बजे नौ मिनट तक अपने घर की बत्तियां बुझाकर दीपक मोमबत्ती टॉर्च या मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जलाने की अपील की थी प्रधानमंत्री श्री मोदी ने शनिवार को वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की थी इस दौरान कई राज्यों ने लॉकडाउन की अवधि दो सप्ताह बढ़ाने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा लगता है कि राज्यों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के मुददे पर आम सहमति बन गई है

उन्होंने कहा कि मास्क को कोई भी दो मिनट में बना सकता है उन्होंने टिवटर पर मास्क बनाते हए एक वीडियो साझा किया इस बीच श्री जावड़ेकर ने कहा कि पत्रकारों को भी महामारी को देखते हुए सभी एहतियाती सावधानियां बरतनी चाहिएं कोविड महामारी के खिलाफ देश लड़ रहा है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसमें हम विजयी होंगे इसमें जैसे डॉक्टर नर्सेज सफाई कर्मचारी पुलिस कर्मचारी सरकारी कर्मचारी बैंक के कर्मचारी वैसे ही मीडिया के कर्मी जो हैं वो भी एक तरहसे फ्रंट लाइन काम करते हैं क्योंकि लोगों तक खबर पहुंचाना उनका काम है उसके लिए जगह जगह जाते हैं आप अपना ख्याल करिए

लखनऊ में कल कोविड नाइन्टीन की रोकथाम के लिए समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को इस सम्बंध में निर्देश जारी किए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनपद में कोरोना केसों के छिपाने के मामले में जिला अधिकारी और पुलिस प्रमुख जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी मुख्यमंत्री ने कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों को विसंक्रमित करने और संगरोष में लोगों को आवश्यक वस्तुएं उनके घरों पर ही उपलब्ध कराने के निर्देश दिए उन्होंने राज्य में कोरोना टेस्टिंग लैब की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर लोगों को बघाई दी है और कहा लोग सोशल डिस्टेंससिंग का पालन अवश्य करें

इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या नौ हजार एक सौ बावन हो गई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कोरोना से संक्रमित आठ सौ सत्तावन लोग स्वस्थ हए हैं जबकि तीन सौ आठ की मृत्यु हुई है गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पृण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य लॉकडाउन के उपायों को लागू करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के निर्देशों का पूरी तरह पालन करने के लिए राज्यों को पत्र लिखा है उन्होंने कहा कि ट्रकों और मालवाहक वाहनों के किसी राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन की अनुमति दी गई है उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने स्थानीय अधिकारियों से कहा है कि ट्रक चालक और हेल्पर को अपने घरों से ट्रक तक जाने की सुविधा दी जाए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को ऐसी कम्पनियों के कार्यकर्ताओं को पास जारी करने चाहिए जिन्हें लॉकडाउन के प्रतिबंधों से छूट दी गई है उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य की सीमाओं के निकट विनिर्माण इकाइयों के कामकाज में कोई बाधा न हो

इसमें से लगभग पन्द्रह हजार करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान स्कीम के अंतर्गत सीधे सात करोड़ से अधिक किसानों के खातों में भेजे गए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग बीस करोड़ महिलाओं के खातों में करीब दस हजार करोड़ रुपए भेजे गए भवन और अन्य निर्माण कार्यों में लगे दो करोड़ से अधिक कामगारों के खाते में तीन हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गयी केन्द्र सरकार ने लगभग तीन करोड़ दिव्यांगजनों वरिष्ठ नागरिकों और विधवा महिलाओं के खाते में एक हजार चार सौ करोड़ रुपए से अधिक भेजे हैं इस पैकेज के अंतर्गत सरकार ने महिलाओं गरीबों वरिष्ठ नागरिकों और अन्य लोगों को निःशुल्क अनाज तथा अन्य लाभ देने की घोषणा की थी

इन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में चार सौ एक कोरोना पॉजिटिव मामले हैं गृह विभाग तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि इन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है लोगों को उनके घरों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाई जा रही है श्री अवस्थी ने हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिला प्रशासन की अनुमति के बिना खाद्य सामग्री बांटने पर प्रतिबन्ध है ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डाक्टर भीमराव आम्बेड़कर की जयंती पर लोगों को श्भकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब की जयन्ती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक श्भकामनाए दी हैं उन्होंने अपील की है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हए लोग सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करें और अपने घरों में रह कर ही जयन्ती मनाएं

यहां संदिग्ध मिले सत्रह लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद अब इस जिले को कोविड नाइन्टीन संक्रमण से मुक्त मान लिया गया है सउदी अरब से वापस आये माँ बेटे को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था जिन्हें अस्पताल के कोरोना वार्ड में रखा गया था

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन की इस सराहनीय काम के लिये प्रशंसा की है

लोगों से सामान की खरीददारी के लिए बार बार बाहर निकलने से बचने को कहा गया है साथ ही हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचने का परामर्श दिया गया है लोगों से कहा गया है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखें अपनी आंख नाक और मृंह को छूने से बचने और अपने हाथों को साब्न और पानी से कम से कम बीस सेकेण्ड तक अच्छे से धोने की भी सलाह दी गई है खांसी या बुखार से पीड़ित व्यक्तियों के सम्पर्क में आने से बचने को कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर एक शुन्य सात पांच जारी किया है प्रदेश सरकार ने भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है यह नम्बर है एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य पांच एक चार पांच लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एक शुन्य सात छ पर भी फोन कर के कोरोना से जुड़ी कोई भी जानकारी या समस्या साझा कर सकते हैं

फिरोजाबाद जिला कारागार के कैदियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में इक्कीस हजार नौ सौ रूपये की धनराशि दी है जेल अधीक्षक एम ए खान ने बताया कि जेल में कैदियों को काम के बदले रोजाना पच्चीस रूपये मिलते हैं